उत्तर प्रदेश में रामजन्म भूमि विवाद मामले पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद अयोध्या सहित पूरे प्रदेश में शांति बनी हुई है कहीं से किसी अप्रिय घटना की कोई खबर नहीं है हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रशासन कानून और व्यवस्था पर लगातार नजर रखे हुए हैं और सोशल मीडिया मंचों की भी निगरानी की जा रही है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट रामजन्म भूमि विवाद मामले पर कल उच्चतम न्यायालय का फैसला आने के बाद अयोध्या समेत पूरे प्रदेश में शांति और व्यवस्था कायम है सभी राजनीतिक दलों और धर्म गुरूओं ने न्यायिक प्रणाली में विश्वास जताते हुए उच्चतम न्यायालय के फैसले को सभी पक्षों की जीत के रूप में स्वीकार करते हुए लोगों से सामाजिक सौहार्द बनाये रखने की अपील की है आज अयोध्या में रोजमर्रा की तरह लोगों की जिंदगी चल रही है मंदिरों में कीर्तन हो रहे हैं मस्जिदों मे अजान और लोग सुबह सुबह नुक्कड़ों और चौराहों पर चाय की चुस्कियों के साथ कल के फैसले की चर्चा करते दिखे पूरे शहर में अमन चैन बरकरार है सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ

उत्तर प्रदेश में अयोध्या की पुलिस कार्तिक पूर्णिमा की तैयारियों में जुट गई है अयोध्या मुद्दे पर फैसला आने के बाद से पुलिस शहर में शांति बनाए रखने के लिए लगातार सतर्क है अपर पुलिस महानिदेशक और अयोध्या में सुरक्षा मामलों के प्रभारी आशुतोष पाण्डेय ने आकाशवाणी को बताया कि पुलिस ने हर समुदाय के लोगों को विश्वास में लिया है और लोग भी संयत रहे हैं उन्होंने कहा कि अब पुलिस मिली जुली आबादी वाले इलाकों पर ध्यान केन्द्रित कर रही है बाइट अयोध्या को लेकर जो चर्चा थी उसमें पुलिस की सारी व्यवस्थाएं बहुत मुक्कमल थी बहुत अच्छी थी और इसमें सभी वर्गो को उन्होंने कॉन्फिडेंस में लिया था उसका डिप्लॉमेंट बहुत अच्छा था

पार्किंग प्लेसेज थे इसके चलते कहीं किसी तरह की बात नहीं हुई इसके बाद हम लोग दोनों पक्षों को कॉन्फिडेंस में लिए उसके चलते कोई उनका पब्लिक में रिएक्शन नहीं आया हम लोग उसमें ये एहतियात बरत रहे हैं जो मिश्रित आबादी वाले एरिया हैं जो हमारे चिन्हित हर्ट्स स्पॉट हैं उन एरियाज में हम लोग पेट्रोलिंग कराएं उन एरियाज के लोगों के बीच में हम कम्यूनिटी पुलिसिंग करेंगे भारतीय अमरीकी समुदाय ने भी अयोध्या मसले पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि यह हिन्दुओं और मुसलमानों दोनों की जीत है एक बयान में हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने इसे पुरातत्वविदों इतिहासकारों और भारतीय न्यायिक प्रणाली की जीत बताया अमरीकी संस्था फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज ने इसे एक संतुलित निर्णय बताया है अमरीकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अन्य भारतीय नेताओं के बयानों की सराहना की है अयोध्या मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले पर पाकिस्तान की आवांछित टिप्पणियों को भारत ने अस्वीकार कर दिया है भारत के आंतरिक मामले में दखल अंदाजी वाली पाकिस्तान की इस टिप्पणी के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा है कि यह फैसला कानून के शासन और सभी धर्मो के प्रति एक समान सम्मान पर आधारित है जो पाकिस्तान की जातीय चेतना से बाहर की चीज है कानपुर के दिव्यांग डेवलपमेंट सोसायटी के बच्चों ने कल राजभवन मे राज्यपाल आनंदी बेन पटेल से मुलाकात की लर्निंग एण्ड स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम के तहत सिंगापुर जा रहे इन दिव्यांग बच्चों से राज्यपाल ने कहा कि उनमें सामान्य बच्चों की तरह विशेष प्रतिभा है इसलिए जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर उसे पाने के लिए खूद ही रास्ता बनायें उन्होंने बच्चों को सफल जीवन का मंत्र समझाते हुए कहा कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सकारात्मक विचार कड़ी मेहनत और सार्थक प्रयास किया जाना चाहिए राज्यपाल ने दिव्यांग बच्चों के इस दल को सिंगापुर जाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की है इस मौके पर सोसायटी की सचिव मनप्रीत कालरा ने राज्यपाल को संस्था के किया कलापा की जानकारी दी राज्यपाल से मुलाकात के बाद दिव्यांग बच्चों ने राजभवन का भ्रमण भी किया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

प्रदेश में पैगम्बर मोहम्मद साहब का जन्मदिवस मिलाद उन नबी आज परम्रागत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है

पैगम्बर साहब के जीवन और शिक्षाओं की जानकारी देने के लिए विभिन्न स्थानों पर विभिन्न मिलाद महफिलों और सीरत सम्मलेनों का आयोजन किया जा रहा है इस अवसर पर जुलुस भी निकाले गये राजधानी लखनऊ में इस मौके पर अमीनाबाद स्थित झडे वाले पार्क से जुलूस ए मदहे सहाबा का जुलूस निकाला गया जो विभिन्न स्थानों से गुजरते हुए ऐशबाग स्थित ईदगाह पर सम्पन्न हुआ रसूले खुदा के जन्मदिन के मौके पर आज लोगों ने अपने घरों को खूबसूरत रोशनी से सजाया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर ईद मिलाद उन नबी की मुबारकबाद दी बरेली बलरामपुर कुशीनगर पीलीभीत फिरोजाबाद मिर्जापुर बदायूँ जौनपुर और मैनपुरी सहित विभिन्न जनपदों में आकर्षक झांकियों के साथ मदहे सहाबा का जुलूस धूमधाम से निकाला गया इस अवसर पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किये गये हैं

इस मौके पर मस्जिदों घरों दुकानों में खास सफाई व रौशनी की गयी है

हुजूर की पैदाईश आज ही दिन मक्का में सुबह चार बजकर बीस मिनट पर हुई थी जिन्होंने इंसान को बुराई से दूर रहकर सच्चे रास्ता पर चलने का पैग़ाम दिया आकाशवाणी ख़बर के लिये मैं लियाकत अली फिरोजबाद मिलाद उन नबी के अवसर पर राज्यपाल आनंदी बेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को खासकर मुस्लिम समुदाय को बधाई दी है अपने संदश में उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह त्यौहार समाज में शांति और सद्भाव को बढ़ाने के लिए नई परणा देगा सरकार ने बाजार में प्याज की कीमतों पर नियंत्रण के लिए एक लाख टन प्याज के आयात का निर्णय लिया है एक ट्वीट संदेश में खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने बताया कि भारतीय धातु और खनिज व्यापार निगम से प्याज का आयात करने को कहा गया है आयातित प्याज की देशभर में आपूर्ति के लिए नेफेड को भी निर्देश दिया गया है प्रदेश में बिजली कर्मचारियों के पीएफ घोटाले मामले में आज बिजलीकर्मियों के प्रमुख संगठनों ने राज्य सरकार से पीएफ भुगतान की जिम्मेदारी लेने और इस सिलसिले में गजट अधिसूचना जारी करने की मांग की है विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक शैलन्द्र दुबे ने बताया कि संगठन ने मुख्यमंत्री योगो आदित्यनाथ से मांग की है कि वह तत्काल प्रभावी हस्तक्षेप करें और सरकार पीएफ के भुगतान की जिम्मेदारी लेकर गजट अधिसूचना जारी करे